वे आज शिमला में स्टार्टअप यात्रा वाहन को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार व स्वरोजगार सुजित करना और उद्यमियों के कौशल उन्नयन सहित उन्हें अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान करना है जयराम ठाकुर ने कहा कि ये योजना युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उपहार है उन्होंने बताया कि ये यात्रा शिमला सोलन सिरमौर हमीरपुर कांगड़ा चम्बा कुल्लू और मंडी जिलों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से होकर गुजरेगी मुख्यमंत्री ने इस मौके अनुज शर्मा द्वारा विकसित राज्य के पहले स्टार्टअप लोकलगाय डॉट इन का भी शुभारंभ किया उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने युवाओं से अपने उद्यम शुरू करने के लिए नए विचारों के साथ आगे आने का आग्रह किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद राम स्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे सम्मेलन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय और राज्य स्तरीय सांख्यिकीय संगठनों का दो दिवसीय सम्मेलन आज धर्मशाला में शुरू हुआ केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री विजय गोयल ने सम्मेलन का शुभारम्भ किया इस मौके उन्होंने देश की सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच तालमेल के महत्व पर बल दिया केंद्रीय मंत्री ने देश में सांख्यिकी एजेंसियों द्वारा लाए गए विभिन्न आधिकारिक आंकड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की जरूरत भी बताई विजय गोयल ने सम्मेलन में मौजूद प्रतिभागियों से आंकड़ों के संबंध में सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाने वाला रास्ता निकालने को कहा उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने के साथ साथ प्राप्त लक्ष्य का आंकलन भी जरूरी है केंद्रीय मंत्री ने नीति निर्माता और योजनाकारों के लिए सही डाटा उपलब्ध करवाने पर बल दिया बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी सम्मेलन में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर भी मौजूद रहे

वीरेंद्र कंवर भारत सरकार के पंचायती राज मन्त्रालय द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य के पंचायती राज संस्थानों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला परिषद दो पंचायत समितियों तीन ग्राम पंचायतों और एक ग्राम सभा को प्रदान किए जांएगे उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ पंचायत को भी पुरस्कृत किया जाएगा

गिलोय केंद्रीय आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेचा ने गिलोय को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया है नई दिल्ली में गिलोय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि यह बेल मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रमाणीकरण की अवधारणा होनी चाहिए ताकि उन्हें विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में मदद मिल सके हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा जिले में चूराह निर्वाचन क्षेत्र की ऑयल पंचायत में जनसमस्याएं सुनी इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने उन्हें हाल ही में हुई भारी वर्षा और बर्फबारी से मक्की व मटर की फसल को हुए नुक्सान के बारे में अवगत करवाया उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष से जरूरी राशन उपलब्ध करवाने और फसलों को हुए नुक्सान की भरपाई करने का आग्रह भी किया हंसराज ने लोगों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया और अधिकारियों को इस संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए फुटबॉल नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित चार दिवसीय राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता कल सम्पन्न हुई समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के शारीरिक व मानसिक विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है